नक्सल प्रभावित जमुई में खुलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज

प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को अब हरेक साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देना होगा पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधी मामले उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया है पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि यह आदेश मुखिया उप मुखिया प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर लागू होगा इन सबों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा जिसके बाद इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित जमुई में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्य में पांच मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के तहत सरकार ने यह फैसला किया है जिले के खैरा प्रखंड स्थित एसएसबी कैंपस के पास सत्ताईस एकड़ सरकारी जमीन को चिन्हित कर लिया गया है ये जमीन जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जायेगी मुंगेर प्रमंडल में यह पहला मेडिकल कॉलेज होगा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत स्टेज बीएस फोर मानक के किसी प्रकार के वाहनों की बिक्री पहली अप्रैल दो हजार बीस से नहीं होगी और न ही ऐसे वाहन पंजीकृत किए जाएंगे न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नये उत्सर्जन मानक लागू करने की समय सीमा में किसी प्रकार का विस्तार करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रद्षण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अप्रैल दो हजार बीस से केवल बीएस छह मानक वाले वाहनों की बिक्री होगी नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि पटना मेट्रो परियोजना को केन्द्रीय कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल जायेगी नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद श्री शर्मा ने बताया कि परियोजना के डीपीआर को पब्लिक इंटरेस्ट कमिटी को भेज दिया गया है वहां से मंजूरी मिलते ही इसे केन्द्रीय कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जायेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने में बिहार पूरे देश में सातवें स्थान पर है राज्य में अब तक लगभग साढ़े चार हजार मरीज इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं योजना के तहत पांच सौ पन्द्रह सरकारी अस्पताल और नौ निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं निजी अस्पतालों को जोड़ने का काम चल रहा है आयुष्मान भारत का लाभ राज्य के एक करोड़ से अधिक परिवारों को मिलना है बिहार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को बेहतर उपलब्धि के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विभागीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को यह सम्मान प्रदान किया केन्द्र सरकार कृषि पशुपालन और मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष दो हजार आठ से यह सम्मान दे रही है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि अपने दायित्व का सही तरीके से पालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारी और वित्तीय परामर्शियों को पद मुक्त किया जायेगा श्री टंडन ने इस संबंध में प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह को निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारह साल से अटकी पड़ी डगमारा पनबिजली परियोजना पर फिर से काम शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है इस परियोजना को ऊर्जा विभाग द्वारा पूरी तरह उपयोगी और व्यवहारिक बताया गया है इस संबंध में दिये गये प्रजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग को मिलकर इस पर काम करने का आदेश दिया डगमारा पनबिजली परियोजना से एक सौ तीस मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है दीपावली और छठ को देखते हुये उत्तर रेलवे ने दिल्ली से बिहार के विभिन्न स्टेशनों के बीच तेरह और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है ट्रेनों का परिचालन दो नवम्बर से शुरू होगा दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से ये ट्रेनें कटिहार मुजफ्फरपुर दरभंगा सहरसा पटना बरौनी छपरा और भागलपुर के लिए खुलेंगी उत्तर रेलवे अब तक सैंतालीस स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुका है नेपाल और उत्तर प्रदेश से आ रही पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाले बादल कमजोर पड़ गये हैं और पछुआ हवा की रफ्तार आठ से दस किलोमीटर प्रतिघंटे की हो गयी है जिसके चलते तापमान में गिरावट आयी है विभाग ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा प्रदेश में अगले साल से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई की परीक्षा ऑनलाईन होगी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रस्ताव को कोन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी राजधानी पटना में पिछले दस दिनों के दौरान डेंगू से चार लोगों की मौत हो चुकी है कल फुलवारीशरीफ स्थित एक निजी अस्पताल में डेंगू के एक मरीज की मौत की खबर है सिविल सर्जन ने कहा है कि मामले की जांच के लिए विभागीय टीम अस्पताल जायेगी इधर डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है अब तक लगभग छह सौ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है कल पीएमसीएच में पच्चीस नये मरीजों में रोग की पुष्टि हुई है इसमें पटना के उन्नीस सीवान और सारण के दो दो जबकि एक एक मरीज दरभंगा और अरवल का है नालंदा मेडिकल कॉलेज में भी छह लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है पटना के कंकड़बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से पांच करोड़ रूपये लोन देने में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है इस मामले में बैंक प्रबंधन द्वारा शाखा प्रबंधक और कैशियर समेत छह कर्मियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में मामला दर्ज करावाया गया है आरोप है कि बैंक कर्मियों ने मिलीभगत कर कुछ लोगों को गलत कागजात के आधार पर लोन दिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में गिरफ्तार ब्रजेश ठाकुर के मामा रामानुज ठाकुर को सीबीआई ने चार दिनों की रिमांड पर लिया है वहीं जांच एजेंसी की टीम ने ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु की चचेरी बहन से मधुबनी में लम्बी पूछताछ की है बेंगलुरू के एक प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक के घर से चुराये गये करोड़ों रूपये के जेवरात के साथ उसके घरेलू नौकर अखिलेश यादव को मधुबनी जिले के पिपरा कमलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है जहानाबाद के लोदीपुर गांव के पास सड़क द्र्घटना में एक छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने मौके पर आयी पुलिस टीम पर पथराव कर दिया जिसमें चार प्रलिसकर्मी घायल हो गये वहीं गोपालगंज जिले के उचकागांव में दो गुटों के बीच विवाद को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया जिसमें थानाध्यक्ष घायल हो गये बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला स्थित एक छात्रावास में घुसकर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले में दिलावरपुर बाड़ा दुर्गास्थान के पास एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर के विस्फोट से लगी आग में एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल व्यवसायी और उसके वाहन चालक को उन्नीस बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सीबीआई रिश्वत प्रकरण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सीबीआई में कोहराम निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना छुट्टी पर भेजे गये एम नागेश्वर राव को कमान सौंपी गयी दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी दी है सीबीआई में स्वच्छता अभियान वर्मा व अस्थाना किये गये मुक्त दैनिक भास्कर लिखता है विराट के सबसे तेज दस हजार रन भारत और वेस्टइंडीज के बीच वन डे मैच सत्ताईस साल बाद टाई प्रभात खबर की सुर्खी है पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार राष्ट्रीय सहारा लिखता है यौन उत्पीड़न मामलों पर अंकुश के लिए मंत्री समूह का किया गया गठन आज ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लिखा है विश्वविद्यालयों ने नहीं सोंपा नवासी करोड़ का हिसाब सरकार सख्त रूकेगा एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये का अनुदान

नक्सल प्रभावित जमुई में खुलेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज